मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प विकास समिति और उसके सदस्यों की सम्पत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिलाधिकारी कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है ब्रजेश ठाकुर की पत्नी प्रोफेसर आशा के साथ साथ समिति के छह अन्य सदस्यों की सम्पत्ति जब्त की जायेगी इधर आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल यौन शोषण की घटना की रिपोर्ट अब घटना के सात साल बाद भी दर्ज करवायी जा सकती है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर पॉक्सो अधिनियम के तहत मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया है आकाशवाणी को दिए विशेष साक्षात्कार में महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि बाल सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है प्रदेश में वित्तीय वर्ष दो हजार सोलह सत्रह के दौरान एक हजार आठ सौ पैंतीस करोड़ रूपये की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है विधानमंडल में महालेखाकार की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है खान और भू तत्व वाणिज्य कर राजस्व और भूमि सुधार परिवहन तथा निबंधन विभाग में गड़बड़ियां पायी गयी हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित विभागों की गड़बड़ी और लापरवाही के कारण चार हजार पांच सौ पचास करोड़ रूपये कम राजस्व वसूला गया इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत बाजार मूल्य के कारण भूमि अधिग्रहण के मामलों में जमीन मालिकों को आठ सौ तिहत्तर करोड़ रूपये का कम भुगतान किया गया भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ नवगछिया की एक अदालत में चल रहे मानहानि के एक मुकदमे को पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है खगड़िया के तत्कालीन राजद विधायक आरके राणा ने एक समाचार पत्र में छपी खबर का हवाला देते हुये उन्नीस सौ निन्यानवे में श्री मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर की फर्जी लॉ डिग्री के मामले में तिलकामांझी भागलुपर विश्वविद्यालय के आठ कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस चलेगा दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक अमरेन्द्र कुमार पांडेय के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में पटना के शास्त्रीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है एक निर्माण एजेंसी के निदेशक द्वारा विधायक पर पचास लाख रूपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है एके सैंतालीस राईफल तस्करी मामले में गिरफ्तार सेना के जवान मोहम्मद नियाजुल और मोहम्मद इरफान की सम्पत्तियों की पुलिस जांच कर रही है सूत्रों ने बताया कि दोनों के पास जिले के असरगंज प्रखंड में कई एकड़ जमीन का पता चला है वहीं नियाजुल का लखनऊ में भी एक मकान है सम्पत्तियों के मूल्य का आंकलन किया जा रहा है इसके बाद सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी इधर इस मामले में पटना पुलिस लाईन से गिरफ्तार सिपाही धर्मवीर कुमार को निलंबित कर दिया गया है पीएमसीएच में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण में देरी पर संसदीय कमिटी ने गहरी नाराजगी जतायी है सांसद रामगोपाल यादव के नेतृत्व में आयी संयुक्त संसदीय समिति ने इस बात पर गहरा असंतोष जताया कि एक साल पूर्व राशि मिल जाने के बावजूद निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया भी पूरी नहीं की जा सकी संसदीय समिति आज राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ बैठक करेगी राज्यपाल लालजी टंडन ने अधिकारियों को कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं की फूलप्र्फ निगरानी का आदेश दिया है श्री टंडन ने ग्यारह विभागों के विकास प्रतिवेदन पर राजभवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से लोगों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के कहा बैठक में महिलाओं बच्चों अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्ग के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं पर गहन विचार विमर्श किया गया प्रदेश में अब नगर निकायों का चुनाव पार्टी आधारित होगा साथ ही मतदाता अब सीधे नगर निगम के महापौर और नगपालिका तथा नगर परिषद के अध्यक्ष का चूनाव करेंगे आवास और नगर विकास विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है शिक्षा विभाग ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि पढ़ाने में अक्षम शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरपीएस रंजन ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी को पत्र निर्गत कर दिया गया है इधर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने विभाग के इस फैसले का स्वागत किया है राज्य सरकार ने सचिवालय कर्मियों के आंदोलन को देखते हये सचिवालय सेवा के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर पन्द्रह दिनों के अन्दर सभी जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा गया है विधायकों और विधान पार्षदों को बढ़े वेतन का लाभ एक दिसम्बर से मिलने लगेगा संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी इस बढ़ोतरी के बाद वेतन और भत्ता मद में विधायकों और पार्षदों को लगभग एक लाख पैंतीस हजार रूपये प्रति माह मिलेंगे प्रदेश के सभी डाकघरों में जनवरी महीने से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सुविधा शुरू हो जायेगी बिहार डाक परिमंडल के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश के नौ हजार चौरासी डाकघरों में बैंक की शाखा खोलने के लिए युद्धस्तर पर काम जारी है देशभर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सत्रह दिसम्बर को प्रवेश पत्र जारी होगा परीक्षा छह से बीस जनवरी तक दो पालियों में आयोजित की जायेगी मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में पांच दिसम्बर तक तापमान सामान्य बना रहेगा इसके बाद तापमान में मामूली गिरावट आयेगी सुबह में हल्की धूंध और हवा में नमी के कारण लोगों को ठंड का एहसास होगा कल बारह दशमलव एक डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना छात्र संघ के विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनाव में चार प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है वहीं रद्द किये सात नामांकन पत्रों में से तीन को वैध करार दिया गया है अब छात्र संघ चुनाव में कुल एक सौ चौदह प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं इधर छात्र संगठनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अभियान तेज कर दिया है नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के बूढ़वा पहाड़ी के पास थमकोल जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच हुयी मुठभेड़ के बाद चलाये गये सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने एक एके सैंतालीस राइफल बरामद की है भोजपुर जिले के संदेश थाना प्रभारी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है लखीसराय जिले के वीरूपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय फरदपुर में विषाक्त मध्याहन भोजन खाने से छह बच्चे बीमार हो गये सभी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के मांगोबंदर बाजार से पुलिस ने एक पिकअप वैन से बावन कार्टन विदेशी शराब बरामद की है रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के मुकाबले में बिहार की टीम ने सिक्किम पर तीन सौ सतावन रनों की बढ़त बना ली है बिहार की टीम आज दूसरी पारी में चार विकेट पर एक सौ पचास रन से आगे खेलने उतरेगी और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अगल खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में विपक्ष ने किया राजभवन मार्च दैनिक जागरण की सुर्खी है सीबीआई पर केन्द्र के अधिकार की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट प्रभात खबर ने लिखा है पच्चीस साल से अधिक उम्र के छात्र भी दे सकेंगे नीट राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है प्रदेश में नोटबंदी से कर राजस्व घटा आज ने केन्द्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह के हवाले से लिखा है दिसम्बर तक सभी घरों का विद्युतीकरण